सत्र के पहले दिन विधायक और प्रोटेम स्पीकार फोसुम खिमहुन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित नव निर्वाचित सत्तावन विधायकों को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाई सबसे पहले मुक्तो से विधायक बने मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शपथ ली और चौखाम से निर्वाचित हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शपथ ली पूर्व सांसद और पासीघाट वेस्ट से विधायक चुने गए कांग्रेस के निनोंग इरिंग ने भी शपथ ली हालाकि पूर्व मुख्यमंत्री सागाली से कांग्रेस विधायक नाबम तुकी आज शपथ नही ले सके साठ सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के इकतालीस जनतादल यूनाईटेड के सात नेशनल पीपूल्स पार्टी एन पी पी के अब चार विधायक है जबकि इसी पार्टी के स्वर्गीय तिरोंग आबोह की चुनाव परिणाम आने से कुछ दिन पहले एक हमले मे मौत हो गई थी वहीं कांग्रेस के चार पीपीए के एक और दो निर्दलीय विधायक सदन में है इससे पहले विधानसभा का सत्र आरंभ होते ही सदस्यों ने दिवंगत विधानसभा सदस्यों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजली दी गई विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पी डी सोना ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए और चांगलांग नोर्थ से विधायक तेसाम पोंगते ने सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कल होगा साठ सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के इकतालीस विधायक है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अपनी कैबीनेट की पहली बैठक की बैठक में मंत्रिमंडल ने खोंसा वेस्ट के विधायक तिरोंग आबोह और दस अन्य लोगों की नृशंस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की मंत्रिमंडन ने सर्वसम्मति से इस जघन्य हत्याकांड की समयबद्ध जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन आई ए को सौंपने क आभी निर्णय लिया बैठक में कहा गया कि एन आई ए से जांच कराने का उद्देश्य इस घटना की पूरी जांच कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है मंत्रिमंडल ने इस हमले में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को बीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी तरह के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की पद्धति को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए स्कूली शिक्षा विभाग में निदेशक का केवल एक पद रखने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने अगले तीन महीनों ले भीतर राज्य शिक्षा नीति तैयार कर लेने का फैसला लिया साथ ही इसी साल जुलाई से राज्य के पहले लॉ कॉलेज जोते में पढ़ाई शुरु कराये जाने का निर्णय लिया गया है कैबिनेट ने अपने एक और फैसले में यह तय किया कि अगले शिक्षा सत्र से हाईस्कूल और इंटर की सीबीएसई परीक्षा में शामिल होने छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाए दिसंबर माह में ही करा ली जाएंगी साथ ही इन परीक्षाओं में जिन छात्रों के तैंतीस प्रतिशत से कम अंक आते है और ऐसे छात्र जिनकी उपस्थिति पचहत्तर प्रतिशत से कम होगी उन्हें सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस तंत्र को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराते हुए वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान पुलिस के विभिन्न पदों पर एक हजार नई भर्तियां करने का भी फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने तोको यामे और नुरंग पींच के हत्या के मामले की जांच में तेजी लाने और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प दोहराया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सांसद किरेन रिजिजू को युवा मामला और खेल विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रुप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि प्रर्वोत्तर राज्यों के युवा खेल प्रतिभा के धनी है और श्री रिजिजू को खेल विभाग मिलने से बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली सियाचिन का आधार शिविर करीब बारह हजार फीट की ऊचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तेईस हजार फीट की ऊंचाई ओर है काराकोरम क्षेत्र है जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड और तेज हवाओ से भी जूझना पड़ता है सर्दियों में यहां का तापमान माईनस सेवेंटी डिग्री तल चला जाता है

रक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार विमान ने लगभग साढ़े बारह बजे उड़ान भरी थी और उसे मेचुका लेंडिंग ग्राउंड पर उतरना था सूत्रों के अनुसार एक बजे के आसपास विमान का ग्राउंड से संपर्क ट्रट गया है विमान में आठ चालक दल के सदस्यों सहित पांच यात्री सवार थे